प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है

प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण का आंकड़ा तीस हजार के पार

प्रदेश में बाढ की स्थिति गंभीर हो गयी है राज्य के दस जिलों के दो सौ पैंतालीस पंचायतों में रहने वाली साढे चार लाख से अधिक की आबादी बाढ से प्रभावित है बाढ का सबसे अधिक असर दरभंगा जिले में देखा जा रहा है इस जिले के नौ प्रखंडों में सत्तर पंचायत बाढ से प्रभावित हैं वहीं सीतामढी और सुपौल जिले में पांच पांच प्रखंड बाढ से प्रभावित हैं गोपालगंज जिले में बैकुंठपुर कुचायकोट सिधवलिया और बरौली प्रखंडों में गंडक नदी के उफान के कारण हजारों की संख्या में लोगों को अपने घरों से पलायन करना पडा है प्रभावित इलाकों में बाढ पीडितों को तैयार भोजन उपलब्ध कराने के लिए अठहत्तर सामुदायिक रसोई घर बनाये गये हैं जबकि छह बाढ राहत शिविर अभी काम कर रहे हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की उन्नीस टीमें लगाई गयी हैं नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों और उत्तर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में हुई भारी बारिश से हालात और खराब हो गये हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि पश्चिम चंपारण जिले में गंडक बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है सिकटा प्रखंड मुख्यालय के पास धर्मप्रर गांव में दक्षिण त्रिवेणी नहर का उत्तरी तटबंध तीस फुट तक टूट गया है जिससे कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है पश्चिम चंपारण जिले में सड़कों पर बाढ़ का पानी फैल जाने से कई प्रमुख सड़क मार्गो पर यातायात ठप्प हो गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि नरकटियागंज बेतिया नरकटियागंज लौरिया और रामनगर लौरिया मुख्य पथ के ऊपर से सिकरहना और मसान नदी का पानी बह रहा है जिले में निचले इलाकों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है वहीं पूर्वी चंपारण गोपालगंज सारण मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में गंडक के किनारे बसे इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं गोपालगंज जिले के बैंकुठपुर और कुचायकोट सहित कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं मोतिहारी से हमारे संवाददाता ने बताया कि रक्सौल क्षेत्र में स्थित एकीकृत जांच चौकी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस ए के ऊपर से पानी बह रहा है इससे वाहनों की आवाजाही बाधित है पूर्वी चंपारण जिले में ही आदापुर प्रखंड के चैनपुर में बगरी नदी का बांध टूटने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं इधर नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण सिकरहना और तिलावे नदी के तटबंध कई स्थानों पर टूट गये हैं जिससे सुगौली और बंजरिया प्रखंड के कई गांव प्रभावित हुए हैं सुगौली में उत्तर सिकरहना नदी का रिंग बांध ट्टने से कई पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है सुगौली थाना परिसर भी बाढ़ की चपेट में आ गया है इधर कोसी नदी के बीरपुर बराज से पानी छोड़े जाने के बाद सुपौल और सहरसा जिले में कई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं बागमती लखनदेई कमला बलान और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण सीतामढ़ी शिवहर दरभंगा मधुबनी और समस्तीपुर के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं मुजफ्फरपुर जिले में गायघाट प्रखंड में बाढ़ का पानी शिवदाहा बरूआरी सड़क मार्ग पर आने से वाहनों की आवाजाही ठप्प है जिले में गंडक ब्रुढ़ी गंडक बागमती और लखनदेई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई प्रखंड बाढ़ प्रभावित हैं समस्तीपुर जिले में ब्रढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से समस्तीपुर शहर के पास धर्मपुरा गांव में दो सौ घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है इस इलाके के सैंकड़ों परिवारों को ऊंचे स्थानों पर आश्रय लेना पड़ा है कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि बरंडी नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण फलका और समेली प्रखंड के कई इलाके अब भी बाढ़ में डूबे हुए हैं पानी के दबाव से गिरियामा गांव के पास नहर की सुरक्षा दीवार टूट गयी है इधर अमदाबाद प्रखंड में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कटाव तेज हो गया है जिसके चलते कई घर नदी में समा गये हैं प्रदेश में सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना जिले के गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया है वहीं गंडक नदी मूजफ्फरपूर जिले के रेवा घाट और गोपालगंज जिले के ड्मरिया घाट में खतरे के निशान को पार कर गयी है वहीं ब्रुढ़ी गंडक नदी का जलस्तर पश्चिम चंपारण मूजफ्फरपूर और समस्तीपूर जिले में कई स्थानों पर तेजी से बढ़ रहा है बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के कटौंझा में खतरे के निशान से तीन मीटर ऊपर चला गया है इधर कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर बना हुआ है कोसी और महानंदा नदी का जलस्तर भी विभिन्न स्थानों पर लाल निशान के ऊपर है मौसम विभाग ने आज और कल उत्तर बिहार के कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है वहीं दक्षिण बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक पंकज कुमार ने बताया कि राज्य में मॉनसून सक्रिय है जुलाई महीने में राज्य में सामान्य से बावन प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है

सबसे अधिक नब्बे मिलीमीटर बारिश खगड़िया में रिकार्ड की गयी वहीं सारण जिले के परसा में अस्सी मिलीमीटर बारिश हुई है बेगूसराय भागलपुर पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकार्ड की गयी है प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी के रिकार्ड एक हजार पांच सौ दो नये मामले सामने आये हैं इसके बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तीस हजार को पार कर गयी है स्वास्थ्य विभाग से जारी बुलेटिन के अनुसार संक्रमण का आंकडा बढकर तीस हजार छियासठ हो गया है पटना जिले से बडी संख्या में संक्रमण के नये मामले सामने आये हैं जांच के बाद चार सौ बावन लोगों में महामारी की पुष्टि हुई है वहीं मुजफ्फरपुर जिले से एक सौ तेरह गया से तिरासी भागलपुर से उनासी रोहतास जिले से अड़सठ जबकि सीतामढी जिले से चौवन नये मामलों की पुष्टि हुई है पूर्णिया जिले से उनचास और सारण जिले में सैंतीस मामलों का पता लगा है राज्य में दो सौ सत्रह लोगों की अब तक इस महामारी से मृत्यु हुई है जबकि लगभग बीस हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में पटना जिला कोविड उन्नीस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित है जिले में संक्रमण का आंकड़ा साढ़े चार हजार के आसपास पहुंच गया है जबकि इस महामारी से जिले में तैंतीस लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक दो हजार पांच सौ नब्बे लोग ठीक हो चूके हैं वहीं भागलपूर संक्रमण के मामले में राज्य में दूसरे स्थान पर है जिले में एक हजार आठ सौ उनसठ लोग अब तक इस महामारी से संक्रमित हुए हैं कोविड उन्नीस इलाज के लिए बनाये गये राज्य के कोविड नोडल अस्पतालों में मिल रही शिकायतों के बाद कई नई व्यवस्थाएं की गयी है पटना के एनएमसीएच कोविड नोडल अस्पताल में अब मृतकों के दाह संस्कार के लिए चौबीस घंटे वाहन की व्यवस्था रहेगी प्रत्येक वार्ड में एक वरिष्ठ डाक्टर इसकी निगरानी करेंगे पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने बताया कि एनएमसीएच और पीएमसीएच में लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए आईएएस आईपीएस और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कंट्रोल रुम में प्रतिनियुक्त किया गया है प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि बीमार लोगों के परिजनों के लिए इन अस्पतालों में ठहरने की भी व्यवस्था की गयी है उन्होंने बताया कि आक्सीजन आपूर्ति की शिकायतों को देखते हुए एक सौ पैंसठ बेड पर पाइपलाइन से इसकी आपूर्ति होगी श्री अग्रवाल ने कहा कि गंभीर रुप से बीमार रोगियों की संख्या में बढोतरी को देखते हुए पीएमसीएच अस्पताल को तीन हजार पांच सौ वेंटिलेटर उपलब्ध कराये गये हैं इसके अलावा डॉक्टरों पर दबाव कम करने के लिये उनकी आठ घंटे की ड्यूटी घटाकर चार घंटे कर दिया गया है समस्तीपुर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर आरआर झा की आज कोविड उन्नीस महामारी से मृत्यु हो गयी उनका पटना के एम्स में इलाज चल रहा था इधर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दिवंगत विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गयी कोविड उन्नीस संक्रमण के कारण कल उनकी मृत्यु हो गयी थी इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी देश भर में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर ग्यारह लाख बानवे हजार हो गया है वहीं सात लाख तिरपन हजार पचास लोग अब तक ठीक हो चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि रेस्पिरेटर वॉल्व वाले एन पंचानवे मास्क से कोरोना वायरस के फैलाव को नहीं रोका जा सकता उन्होंने यह भी कहा कि छिद्र यूक्त रेस्पिरेटर लगे एन पंचानवे मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तय मानकों के विरुद्ध हैं उन्होंने कपड़े के बने तीन परतों वाले मास्क लगाने और दूसरों को भी इसी तरह के मास्क के लिये प्रेरित करने का आग्रह किया स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चेहरा ढंकने संबंधी दिशा निर्देश अपनाने और एन पंचानवे मास्क का अनूचित उपयोग रोकने के बारे में जागरुक करने को कहा गया है इसमें कहा गया है कि वॉल्व युक्त रेस्पिरेटर वाले एन पंचानवे मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के खिलाफ हैं

हाल के दिनों में कुछ साइटिफिक स्टडिज हुई जिन्होंने ये कहा कि जब आप वॉल्व वाला मास्क पहनते हैं तो स्वयं तो आप सुरक्षित हैं लेकिन जो आप एक्सहेल कर रहे हैं इफ यू आर ए सिम्टोमेटिक पर्सन देन दा प्रोपेंसिटी ऑफ देट इन्फेक्टिंग अदर्स इज देयर

वरिष्ठ चिकित्सक एम के सेन का कहना है कि एन पंचानवे मास्क की आवश्यकता केवल चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को ही होती है जो संक्रमित लोगों के इलाज में लगे हैं

बिना मास्क के बाहर निकलने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पांच जुलाई से अब तक अस्सी हजार लोगों से उनतालीस लाख अडसठ हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है वहीं इस महीने के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में चार करोड रुपये से अधिक का दंड वसूल किया गया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है

प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण का आंकड़ा तीस हजार के पार